मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

बातचीत में केन्द्र सरकार की ओर से कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश हिस्सा ले रहे हैं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृहमंत्री अमितशाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल के साथ बैठक कर किसानों की मांगों के बारे में विचार विमर्श किया इसके बाद श्री तोमर ने पत्रकारों से बातचीत में विश्वास जताया कि किसान अपना आंदोलन समाप्त करेंगे उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखा जायेगा इस बीच किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये नये कृषि कानूनों का फायदा मिल रहा है श्रीगंगानगर जिले से लगते पंजाब के अबोहर के किसान संदीप ने बताया कि इस बार किन्नू की फसल में उन्हें ज्यादा फायदा मिला है

राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अब विवाह स्थल का संचालक उत्तरदायी माना जायेगा अब किसी विवाह स्थल पर यदि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जायेगा राज्य में बढ़ रहे कोरोना मामलों की रोकथाम के संबंध में आज स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं

श्री गहलोत ने बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुये भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से साफ जाहिर हो गया कि सरकार दो साल से शासन चलाने में विफल रही है तथा श्री गहलोत मनोबल व नैतिक साहस खो चुके है उन्होन कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस के अंतर्कलह को समझ चुकी है तथा इस सरकार के कृशासान से तंग आ चुकी है उधर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हये कहा कि अंर्तद्वन्द सके जुझती कांग्रेस पार्टी में विद्रोह कभी भी जगजाहिर हो सकता है इसलिये श्री गहलोत ऐसी बयानबाजी कर विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं

मंत्रालय ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं इस संबंध में आज केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि सभी निजी टीवी चैनलों से कहा गया है कि वे आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के तौर पर ऐसे विज्ञापन दिखाने से बचें

श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग काल्पनिक खेल यानी फैंटसी स्पोर्टस पर बडी संख्या में विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं उन्होने कहा कि संबंधित पक्षों से चर्चा और सलाह के बाद यह सहमति हुई कि विज्ञापनों की पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विज्ञापनदाताओं और प्रसारकों के लिये एएससीआई उचित दिशा निर्देश जारी करेगा दिशा निर्देश के तहत प्रिंट मीडिया में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी स्पोर्टस के बारे में विज्ञापन के साथ चेतावनी संदेश भी जारी करना होगा जिसमें इसके नतीजे और लत के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से जारी की गई हो इसी तरह टीवी और रेडियो में विज्ञापन चेतावनी के साथ जारी करना अनिवार्य होगा

उन्होने बच्चों के सवालों के जवाब दिये